प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने राज्य में बेनामी संपत्तियों व जमीनों की खरीद पर सदन से किया वॉ कआउट

जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने बड़ी संख्या में कोरोना वारियर्स के संक्रमित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर सरकारी स्तर पर मंथन चल रहा है उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए कोबिनेट में भी चर्चा की जाएगी जयराम ठाकूर ने कहा कि जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है और वे जल्द स्वस्थ होकर काम पर लौटेंगे

भाजपा के रमेश धवाला के मूल और अरुण कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज विघानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने ईज आफ इइंग बिजनेस के लिए भ अधिनियम की धारा में कोई परिवर्तन नहीं किया है कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कवर ने कहा कि दुदू सब्जी मंडी की जमीन के मामले का टाइटल अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है इस कारण यह मामला लटका है जैसे ही कोर्ट से इस मामले में कोई निर्णय आएगा सरकार सब्जी मंडी के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी भाजपा के नरेंद्र ठाकूर के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हमीरपूर में मेडिकल कालेज को निर्माण का कार्य दिल्ली की एक कंपनी को अवार्ड कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इसका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा भाजपा के अर्जुन सिंह के सवाल पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि पौंग बांध सबसे बड़ा वेटलैंड है और यहां पर खेती ैकरने के लिए कानून को नहीं तोड़ा जाएगा लेकिन किसानों को भी तंग नहीं किया जाएगा वन मंत्री ने कहा कि पौंग बांध अभ्यारण्य क्षेत्र में कानूनी तौर पर खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इन क्षेत्रों से मृत मृतप्रायः व सूखे वृक्षों के हटाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फोर्टिस अस्पताल कोरोना को लेकर प्रतिदिन आंकड़े शेयर कर रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी सभी अस्पतालों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है धरना विपक्षी कांग्रेस ने आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष विपन परमार के कार्यालय के बाहर धरना दिया इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत कई कांग्रेस सदस्य सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे उनका आरोप था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही कुछ देर अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक हुई उधर सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य तो अब स्पीकर के कार्यालय के बाहर भी धरना दे रहे हैं उन्होंने कहा कि पहली बार विघानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर विपक्ष धरने पर बैठ गया मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह निंदनीय है ऐसी परिस्थिति में जिसकी आवश्यकता नहीं थी वह काम विपक्ष कर रहा है उन्होंने कहा कि विपक्ष का आसन के प्रति टिप्पणी करना सही नहीं है और यह परंपरा नहीं बननी चाहिए वहीं सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के रवैये को गलत व अशोभनीय बताते हए इसकी कड़ी निंदा की वाकआउट प्रदेश विधानसभा में आज विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में बेनामी संपत्तियों और जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला उठाते हए सदन में हंगामा किया सदन की कार्यवाही शरू होते ही कांग्रेस के राजेंद्र राणा ने राज्य में जमीन खरीद का मामला उठाया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने उन्हें ये कहकर इजाजत नहीं दी कि मामले को आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को भेजा गया है इस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावज़द सदन से वॉकआउट कर दिया और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से शिमला में चल रहे विधानासभा के मॉनसून सत्र में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के राजेद राणा ने राज्य में बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोक्त का मामला उठाना चाहा लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इसकी मंजूरी नहीं दी

इस नोटिस को टिप्पणी के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया है और वहां से उत्तर आते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा इसके बाद विपक्ष ने सदन में भारी हो हल्ला किया और नारेबाजी की इस बीच विधानसभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य अपनी बात पर अडे रहे और बात न माने जाने पर सदन से वाकआउट कर दिया अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाई गई है और जो तथ्य हैं उन पर सरकार से जवाब आने के बाद चर्चा करवाएंगे बावजूद इसके कांग्रेस सदस्य अपनी बात पर अडे रहे और नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया इस बीच संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलता है और सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है

भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष सनसनी फैलाने कि लिए ऐसे मामले उठाता है उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को बंद कर विपक्ष लाखों रूपए का नुकसान कर रहा है

उसमें कोई तथ्य नहीं दिया गया है और बिना तथ्य के इस नियम में कैसे चर्चा हो सकती है वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विपक्ष के व्यवहार को निंदनीय करार दिया और कहा कि प्रश्नकाल को चलाने के लिए बहत सी सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं ऐसे में प्रश्नकाल होने चाहिए सीएम ने कहा कि चर्चा में रहने के लिए सदन से बाहर जाना उचित नहीं है वह इस वाकआउट की निंदा करते हैं

शोक विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता रामनाथ शर्मा का आज सुबह चंड़ीगढ़ में निधन हो गया कुछ समय से बीमार दिवंगत रामनाथ शर्मा चंडीगढ़ के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे

उनके निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर विधानसभा अध्यक्ष विंपिन परमार सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया है पूर्व मुख्यमंत्री वोरभद्र सिंह विधायक विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी रामनाथ शर्मा के निधन पर शोक जताया है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है जिस कारण महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं उन्होंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस को बधाई देते हए कहा कि पार्टी ने महिलाओं को पूरा महत्व देते हुए राजनीति में उनका योगदान सुनिश्चित किया